दलहन उत्पादन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है

कृषि मंत्री ने कहा कि यह किसानों वैज्ञानिकों और केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण संभव हुआ है

श्री गडकरी ने सरकारी एजेंसियों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की कगार पर है उन्होंने वैज्ञानिकों शिक्षाविदों और उद्योग जगत से हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा का दोहन करने का आग्रह किया क्योंकि यह एक किफायती और आसानी से उपलब्ध है

श्री गडकरी ने कहा कि शुरू में एक करोड़ वाहन नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत चलेंगे जिसमें सस्ती एल्यूमीनियम तांबा रबर स्टील की उपलब्धता होगी इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने लिथियम आयन वैकल्पिक बैटरी पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया

मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ महेंद्र सिंह सिसोदिया की उपरिथति में महात्मा गाँधी नरेगा कृषि सिंचाई योजना वॉटर शेड और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित संरचनाओं का वर्चअल लोकार्पण किया गया इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने लोगों से वर्चअली संवाद भी किया

शुभारंभ अवसर पर केन्द्रीय कपडा मंत्री स्मृति ईरानी वाणिज्य और उदयोग मंत्री पीयूष गोयल तथा शिक्षा मंत्री रमेश पखरियाल निशंक उपस्थित थे

इस अवसर पर हजारों श्रद्वालुओं ने पवित्र सरोवरों और नदियों स्नान कर दान पुण्य किया होशंगाबाद में नर्मदा नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड रही वहीं उज्जैन औंकारेश्वर मंडला जबलपुर सतना जिले के चित्रकूट सहित विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रृद्धालु सुबह से पहुंचने लगे थे इन स्थानों पर धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मौनी अमावस्या पर्व मनाया गया

उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है

इससे खर्च में कमी आयेगी तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे